मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार गुप्तचर एजेंसियों के प्रमुख और गृहसचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर कल विमानों से किए गए हमले को देखते हुए इस बैठक का विशेष महत्व है उधर आज तड़के नियंत्रण रेखा के पार से पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद सुरक्षाबलों और अन्य प्रतिष्ठानों को हाई अलर्ट किया गया है भारतीय सेना ने कल रात जम्मू संभाग के राजौरी और पुंछ जिले में सीमापार से हुई गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की पांच अप्रिम चौकियों को नष्ट कर दिया बारामूला जिले के उड़ी सेक्टर में भी संघर्षविराम उल्लंघन की खबर मिली है सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि सीमापार से गोलीबारी जारी है और भारतीय सैनिक माकूल जवाब दे रहे हैं जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के मेंढर में आज तड़के सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के दो आतंकियों को मार गिराया मौके से हथियार और गोली बारूद भी बरामद किये गये हैं भारत रूस और चीन ने आतंकवाद का कड़ा विरोध करते हए कहा है कि आतंकी गुटों को मदद नहीं दी जानी चाहिए और न ही उनका राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए इन देशों ने कहा है कि आतंकी गतिविधियों का समर्थन और सहायता देने वालों को दोषी मानकर उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए रूस भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में तीनों देशों ने हर प्रकार के आतंकवाद की कड़ी निन्दा की है चौदह फरवरी के पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के आतंकी शिविरों पर भारत की कार्रवाई के कारण बढ़े तनाव के बीच कड़े शब्दों में यह व्यान जारी किया गया है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लवरोफ ने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को पूरी तरह लागू किया जाये ताकि आतंकवाद समाप्त करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वैश्विक सहयोग और मजबूत हो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि युवाओं को नये भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय युवा संसद समारोह पुरस्कार प्रदान करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा से भरपूर आज के युवा अनेक क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं उन्होंने कहा कि आज का युवा मल्टी टॉस्किंग के लिए पहले से ही तैयार है इसलिए वह कई काम एक साथ करता है यही न्यू इंडिया का आधार है उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने देश के युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए और उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया है श्री मोदी ने कहा कि भारत को नई उंचाईयों तक ले जाने के लिए हर देशवासी को कार्य करना होगा प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से आग्रह किया कि समाज की बेहतरी के लिए उन्नत संचार कौशल विकसित करना चाहिए उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रेरक मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय यूवा संसद समारोह से आपसी चर्चा की बेहतर प्रक्रिया विकसित होगी इस अक्सर पर खेल और युवा कार्य मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने कहा कि खेलो इंडिया के माध्यम से स्कूली स्तर पर खेलों को बढ़ावा मिलेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने आज कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशियालिटी ब्लॉक का शिलान्यास किया शिलान्यास के बाद अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत वर्षो में प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से परिवर्तन हुआ है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में तेरह नये मेडिकल कॉलेज खोले गये हैं इसके अलावा प्रदेश सरकार दो और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कर रही है उन्होंने कहा कि गोरखपुर और रायबरेली में एम्स खोले गये हैं जहां ओपीडी भी शुरू की जा चुकी है इसी सत्र से दोनों एम्स में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो जायेगी मुख्यमंत्री ने वाराणसी में प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पित होने वाले कैंसर संस्थान का भी जिक्र किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज ही प्रतापगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी किया पैट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नमामि गंगे अभियान के तहत भारतीय तेल निगम की ओर से चैंतीस करोड़ रूपये दिये हैं केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह राशि स्वीकार करते हुए कहा कि इस अभियान में गंगा की करीब चालिस सहायक नदियों की सफाई भी की जायेगी श्री गड़करी ने कहा कि सरकार तेरह महीने के अन्दर गंगा को पूरी तरह स्वच्छ बनाने के प्रति वचनबद्व है इस अवसर पर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि देश में बड़ी संख्या में राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है और गांवों में साफ सफाई की स्थिति में बहुत सुधार आया है